मौसम विभाग ने कल तक भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश की प्रमुख नदियां उफान पर

प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पिछले चौबीस घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है राज्य के उत्तरी पूर्वी और उत्तर पश्चिमी जिलों में कई स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि बारिश के कारण जन जीवन प्ररी तरह अस्त व्यस्त हो गया है जलजमाव के चलते लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं इधर मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान भारी बारिश और वजपात का अलर्ट जारी किया है मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि उत्तर पश्चिमी जिलों पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण तथा गोपालगंज और गंगा के मैदानी इलाकों में कई स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुये आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है साथ ही लोगों से बारिश के दौरान घरों से बाहर नहीं निकलने और खेतों में काम नहीं करने की अपील की गयी है नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है पश्चिम चंपारण जिले में गंडक और इसकी सहयोगी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद निचले इलाकों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है वाल्मीकिनगर गंडक बराज से तीन लाख सात हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिले में प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है वहीं सीतामढ़ी जिले में बागमती और झीम नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है मधुबनी में कमला नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुये बांध पर बने सभी आठ फाटक खोल दिये गये हैं अररिया जिले में बहने वाली बकरा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कटाव तेज हो गया है नूना नदी भी उफान पर है नदी का पानी दहगामा और पडरिया पंचायत के दर्जनों गांवों में प्रवेश कर चुका है वहीं जलस्तर में वृद्धि से किशनगंज में कनकई नदी की धारा बदल गई है नदी का पानी दिघलबैंक प्रखंड के कई गांवों में प्रवेश कर चुका है दूसरी तरफ नेपाल से निकलने वाली प्रमुख नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है कोसी की सहायक नदियां खारो जीता और तिलयुगा के जलस्तर में बढ़ोतरी से सुपौल जिले का कुनौली कमलपुर और डगमारा सबसे अधिक प्रभावित हुआ है इन क्षेत्रों में सैंकड़ों एकड़ खेत में लगी फसल डूब गई है कटिहार जिले में मूसलाधार बारिश के कारण प्राणपुर प्रखंड स्थित राजपुतिया कटिंग के पास बना डायवर्जन पूरी तरह से डूब गया है संसद ने श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए श्रम संहिता संबंधी तीन विधेयक पारित कर दिए हैं ये विधेयक श्रमिकों को व्यापक सुरक्षा प्रदान करेंगे इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान सभी तरह के कर्मचारियों के लिये ग्रेच्यूटी देना है साथ ही कंपनियों को सभी स्तर के कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी देना होगा ग्रेच्यूटी के लिये पांच साल की बाध्यता समाप्त कर दी गई है संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को भी ग्रेच्यूटी पाने के लिये पांच साल काम करना जरूरी नहीं होगा महिलाओं को रात की पाली में शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक काम करने की छूट दी गई है सभी अस्थायी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है प्रवासी मजदूरों के लिये भी इन विधेयकों में विशेष प्रावधान किये गये हैं श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने सदन को तीनों विधेयकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी साउंड बाईट ओएसएच कोड के माध्यम से श्रमिकों को एक सुरक्षित कार्य का वातावरण तथा श्रमिक कल्याण के प्रावधान समाहित किये गये हैं इसी तरह आई आर कोड द्वारा श्रमिकों के लिये एक प्रभावी विवाद निस्वारण व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है इस कोड का उद्देश्य यह है कि हर औद्योगिक संस्थान में चाहे उसमें एक भी श्रमिक कार्य क्यों ना कर रहा हो वहां एक प्रभावी तथा समयबद्ध विवाद निस्तारण प्रणाली की व्यवस्था हैं सामाजिक सुरक्षा कोड संगठित एवम् असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने हेतु ढ़ांचा प्रदान करेगा इसमें ईपीएफओ ईएसआईसी ग्रेच्युएटि तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा फंड से सम्बन्धित प्रावधान समाहित हैं श्री गंगवार ने कहा कि सरकार ने मजदूरों से विरोध का अधिकार नहीं छीना है मजदूरों की समस्याओं का सौहार्दपूर्ण समाधान तलाशने के लिए हड़ताल से पहले चौदह दिन का नोटिस देने की व्यवस्था की गई है चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इन ऐतिहासिक विधेयकों से श्रमिकों को न्याय मिलेगा साउंड बाईट वेतन सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा तीनों की गारंटी देने वाली यह बिल है

अब चार कोण बन गये तो यह न्याय अब जल्दी और अच्छा मिलेगा सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलेगी गौरंटी सभी मजदूरों को समय पर वेतन मिलेगा कहीं एक तारीख को मिलता था कहीं पांच तारीख को मिलता था कभी महीने के अन्त में मिलता था ऐसा अब नहीं कर सकते थे समय पर वेतन देना ही पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में श्रम सुधार विधेयकों के पारित होने की सराहना की है अपने ट्वीट संदेशों में श्री मोदी ने कहा कि काफी समय से लंबित और बहुप्रतीक्षित श्रम सुधारों को संसद ने पारित कर दिया है उन्होंने कहा कि ये सुधार औद्योगिक श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित करेंगे और आर्थिक विकास तेज करेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि नई श्रम संहिता न्यूनतम वेतन और मजदूरी के समय पर भूगतान को सर्वव्यापी बनाती है और कामगारों की पेशेगत सुरक्षा को प्राथमिकता देती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने वाले प्रभावशाली व्यक्तियों और नागरिकों से बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम का आयोजन फिट इंडिया आंदोलन के एक साल पूरे होने पर किया जा रहा है कार्यक्रम के प्रतिभागी इस दौरान प्रधानमंत्री से अच्छे स्वास्थ्य और फिटनेस के बारे में मार्गदर्शन लेने के साथ ही अपनी तंद्रुस्ती की कहानियां सुनाएंगे और अन्य लोगों को इस सिलसिले में आवश्यक सलाह भी देंगे कार्यक्रम में शामिल होने वाली हस्तियों में विराट कोहली मिलिंद सोमन और रूजुता दिवेकर से लेकर और भी तमाम लोग होंगे फिट इंडिया संवाद की परिकल्पना स्वयं प्रधानमंत्री ने लोक अभियान के तौर पर की थी और यह अब भारत को स्वस्थ और तंदुरुस्त राष्ट्र बनाने के लिए नागरिकों को शामिल करने की योजना का एक अहम प्रयास बन गया है

स्वस्थ होने की दर इक्यानवे दशमलव छह एक प्रतिशत है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार महामारी से अब तक आठ सौ चौहत्तर लोगों की मौत हुई है प्रदेश में इस समय कोविड उन्नीस के तेरह हजार छह सौ बयालीस सक्रिय मामले हैं वहीं प्रष्ट मामलों की संख्या बढ़कर एक लाख तिहत्तर हजार तिरसठ हो गयी है कोरोना संक्रमित केंद्रीय रेल राज्यमंत्री सुरेश अंगड़ी का कल दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर गहरा दूख व्यक्त किया है वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अमरचंद बजाज ने कोविड उन्नीस की रोकथाम के लिए लोगों से सरकार और चिकित्सकों द्वारा सुझाए गये उपायों पर अमल करने को कहा है साउंड बाईट जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसन के रूप में ना निकले तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मैजर्स हैं वो फॉलो करने हैं जहां जरूरत न हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर न निकलें कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप दो लोग खड़े हैं करीब दो मीटर दूर खड़े रहें नहीं तो कम से कम एक मीटर दूर खड़े रहें महागठबंधन में विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद खुलकर सामने आने लगा है इस सिलसिले में महागठबंधन के प्रमुख घटक दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने आज पटना में राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की आपात बैठक ब्रलायी है पार्टी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने बताया कि बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक हुई बातचीत की जानकारी दी जायेगी उन्होंने राजद और कांग्रेस पर सीटों के बंटवारे को लेकर टालमटोल करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि यदि रालोसपा महागठबंधन से अलग होती है तो इसकी जिम्मेवारी कांग्रेस और राजद की होगी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद ही पार्टी विधानसभा सीटों के लिये उम्मीदवारों का चयन करेगी पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि उचित समय आने पर फैसला किया जायेगा उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार द्वारा किये गये कामों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने को कहा बाद में श्री कुमार ने एनडीए में लोजपा के रूख पर पूछे गये एक सवाल के जवाब में पत्रकारों से कहा कि ये कोई खास बात नहीं है राष्ट्रीय जनता दल ने विधानसभा चुनाव के लिये संभावित उम्मीदवारों द्वारा जमा कराये गये बायोडाटा की स्क्रूटनी शुरू कर दी है पार्टी सूत्रों ने बताया कि ग्यारह हजार से अधिक आवेदन आये हैं स्क्रूटनी करने वाली टीम एक सीट से तीन उम्मीदवारों का नाम राज्य संसदीय बोर्ड के पास भेजेगी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमिटी जल्द ही पटना आयेगी पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि कमिटी के चेयरमैन अविनाश पाण्डेय के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम पटना में भावी उम्मीदवारों से मुलाकात कर उनका बायोडाटा लेगी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने हवाला रैकेट से जुड़े दो कारोबारियों को गिरफ्तार किया है इनमें से एक कारोबारी राजक्मार गोयनका को मुजफ्फरपूर जबकि दूसरे पंकज अग्रवाल को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है दोनों पर सेल कंपनी बनाकर पच्चीस करोड़ रूपये से अधिक के अवैध लेनदेन का आरोप है पश्चिम चंपारण जिले के सहोदरा थाना क्षेत्र से एसएसबी की टीम ने भारी मात्रा में चरस और गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है बरामद मादक पदार्थों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य पंचानवे लाख रूपये से अधिक बताया जाता है खगड़िया जिले बेलदौर थाना क्षेत्र अंतर्गत सीमानावासा गांव में पूलिस ने छापेमारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है मौके से निर्मित अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किये गये हैं पूर्णिया जिले के अलग अलग थानों क्षेत्रों से पुलिस ने एक लाख ग्यारह हजार लीटर शराब के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया है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 हिन्दुस्तान ने लिखा है तीन श्रम विधेयकों पर संसद की मुहर सभी कर्मियों को ग्रेच्यूटी अनिवार्य दैनिक भास्कर की सुर्खी है कोरोना के फैलाव में दुनिया में भारत की स्थिति बेहतर यूएस में दस लाख आबादी में इक्कीस हजार चार सौ सोलह भारत में चार हजार पचासी केस दैनिक जागरण लिखता है मॉनसून सत्र आठ दिन पहले स्थगित कृषि श्रम और कर सुधारों समेत पच्चीस अहम विधेयक हुये पारित प्रभात खबर ने लिखा है कोरोना की जांच में अब बिहार तीसरे नम्बर पर पहुंचा दैनिक आज की सुर्खी है रिसर्च व पीजी छात्रों के लिये खुलेंगे विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है एनसीबी ने दीपिका श्रद्धा रकुल और सारा को भेजा समन

मौसम विभाग ने कल तक भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश की प्रमुख नदियां उफान पर